उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान

बी आर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के चौबीस कॉलेजों में फेल छात्रों को पास कराने के आरोप में वर्ष दो हजार सोलह सत्रह में परीक्षा नियंत्रक रहे ओ पी रमण समेत नौ की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है घोटाले में मोतिहारी के पीयूसी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर अरूण कुमार हाजीपुर के निलसु नारायण कॉलेज के प्रोफेसर धर्मेन्द्र चौधरी अक्षयवट कॉलेज महुआ के प्रोफेसर राजकिशोर ठाकुर लक्ष्मी नारायण कॉलेज हाजीपुर के प्रोफेसर रणवीर रंजन श्याम नंदन सहाय कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के दो लिपिकों की भी भूमिका सामने आने के बाद इनकी गिरफ्तारी के आदेश दिये गये हैं मुजफ्फरपुर के नगर आरक्षी अधीक्षक इस मामले के मूल साक्ष्य टीआर शीट को भी जब्त करने को कहा है साथ ही उन छात्रों का बयान लेने को कहा गया है जिन्हें पास रहते हुये फेल कर दिया गया था उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान हुआ है भागलपुर में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड में ठनका की चपेट में आने से एक महिला गम्भीर रूप से घायल हो गयी वहीं सहरसा जिले में तेज बारिश के कारण नीचले इलाकों में लगी मूंग की फसल को नुकसान हुआ है इधर मधेपुरा और खगड़िया में आंधी और बारिश के कारण कई कच्चे मकान गिर गये मूजफ्फरपूर दरभंगा और मधूबनी समेत कई जिलों में आम और लीची की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है आंधी बारिश के कारण पूरे प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना का अधिकतम तापमान सैंतीस दशमलव छह डिग्री रहा जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है गया का अधिकतम तापमान चालीस दशमलव नौ डिग्री रहा इधर पटना और उसके आस पास के इलाकों में आज सुबह से आंशिक रूप से बादल छाये रहे अमेरीका विदेश विभाग ने अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है नये नियम के अनुसार वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपने सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी विदेशी नागरिकों की प्रमाणिकता का पता लगाने और आतंकवादियों तथा अन्य खतरनाक व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें अमरीका आने से रोकने के उद्देश्य से नये नियम बनाए गये हैं अमरीकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया की सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में गलत जानकारी देने वाले आवेदकों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती हैं और देश के किसी भी भाग पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि त्रिभाषा फार्मूले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले जन सामान्य और राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा डॉक्टर जय शंकर ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल एक प्रारूप है तमिल में एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि लोगों की सहमति के बाद ही केन्द्र सरकार शिक्षा नीति के प्रारूप पर आगे बढ़ेगी डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सरकार सभी भारतीय भाषाओं का विकास करेगी गम्भीर रूप से बीमार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पचहत्तर वर्ष से अधिक उम्र वाले पेंशनधारियों को अब सीधे सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की सूविधा मिलेगी सेवानिवृत्त कर्मियों को बार बार सीजीएचएस डिस्पेंसरी से रेफर नहीं कराना होगा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिया है सीजीएचएस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वृद्धों और गम्भीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को रेफरल की अनिवार्यता से हो रही परेशानी को देखते हुये यह निर्णय किया गया है अब ऐसे सभी मरीज सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे उन्हें सिर्फ दवा के लिए डिस्पेंसरी आना होगा राज्य सरकार साढ़े तीन हजार दारोगा की बहाली की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू करेगी इसके लिए जल्द ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा महानिरीक्षक कार्मिक और गृह विभाग ने बहाली का मसौदा तैयार कर लिया है इसके लिए सभी वर्गों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा बीस वर्ष होगी महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा चालीस वर्ष निर्धारित है बिहार विधानमंडल में आज नवनिर्वाचित विधायकों और विधान पार्षदों को शपथ दिलायी जायेगी राज्य के जल संसाधन मंत्री और नवनिर्वाचित पार्षद संजय झा विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेगें उनके साथ भाजपा के नवनिर्वाचित विधान पार्षद राधा मोहन शर्मा भी शपथ लेंगे वहीं डिहरी और नवादा विधानसभा उप चुनाव में जीत कर आये भाजपा के सत्य नारायण यादव और जदयू के कौशल यादव को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलायी जायेगी अमरनाथ यात्रा के लिए इस वर्ष अब तक एक लाख दस हजार से ज्यादा श्रद्वालु पंजीकरण करा चुके हैं छियालिस दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू होकर पन्द्रह अगस्त को सम्पन्न होगी ऑनलाईन पंजीकरण की शुरूआत पिछले सप्ताह हुई थी पंजीकरण पंजाब नेशनल बैंक जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक की शाखाओं के जरिये भी हो रहा है

इसके बाद छात्र सम्बंधित कॉलेज और स्कूल में अपना नामांकन ले पायेंगे समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि नामांकन के लिए बारह लाख अस्सी हजार सड़सठ आवेदन आये हैं छात्रों को ई मेल और मोबाईल पर कॉलेज की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी समिति के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दूसरी सूची पन्द्रह से बीस जून के बीच जारी होगी दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने चार अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है उत्तराखंड में आयोजित बारहवीं राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में बिहार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है प्रतियोगिता में बिहार ने पन्द्रह स्वर्ण दस रजत और नौ कांस्य पदक सहित चौंतीस पदक जीते हैं बिहार बॉक्सिंग संघ के सचिव राजीव कुमार सिंह को भारतीय बॉक्सिंग टीम का मैनेजर बनाया गया है भारतीय बॉक्सिंग टीम आज से ग्यारह जून तक साउथ कोरिया में विदेशी कोचों की देखरेख में अभ्यास करेगी खगड़िया ने गया को दो सौ आठ रनों से पराजित कर रणधीर वर्मा अन्डर नाईनटीन क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है नीतीश कैबिनेट में आठ नए मंत्री दैनिक भास्कर की सुर्खी है मुख्यमंत्री बोले एनडीए पूरी तरह एकजुट कोई दरार नहीं प्रभात खबर ने लिखा है नवनिर्वाचित विधायकों व विधान पार्षदों का शपथ ग्रहण आज दैनिक जागरण ने शिक्षा नीति पर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है नई शिक्षा नीति जुलाई के पहले हफ्ते में होगी लागू ड्राफ्ट पर मिले सुझाव पर काम शुरू पीएमओ की पैनी नजर

उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में तेज आंधी और बारिश से भारी न्कसान